प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे और कई की आधारशिला भी रखेंगे

श्री मोदी इन परियाजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एंड साउंड शो रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के स्तरोन्नयन जल निकास संबंधी निर्माण गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्र तथा बहप्रयोज्य बीज भंडारगृह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वे सौ टन क्षमता वाले कृषि उत्पाद वेयरहाउस आइपीडीएस के दूसरे चरण संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने आवासीय परिसर वाराणसी के लिए बनी स्मार्ट लाइटिंग के अलावा एक सौ पांच आंगनवाड़ी केंद्रों और एक सौ दो आश्रय केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे श्री मोदी दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक और काशी के कई वार्डो के पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

प्रस्ताव में कहा गया है कि निबंधित किसानों की संख्या और प्रखंड से दूरी का ध्यान रखते हए धान अधिप्राप्ति केन्द्र भी खोले जाएंगे इसकी जिम्मेदारी राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम पर होगी मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर अब कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी

राज्य में अब तक एक लाख चार हजार दो सौ उनचालीस संक्रमितों की पहचान हो चुकी है और अंठानवें हजार सात सौ छिहत्तर संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं

पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में काम कर रहे श्रमिक एक दूसरे को प्रत्येक दिन कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं

पूर्वी सिंहभूम जिले के असंगठित क्षेत्र के निबंधित कामगारों के बच्चों को सलाना ढ़ाई सौ से आठ हजार रूपये तक छात्रवृत्ति दी जायेगी

इसके साथ नौ अन्य व्यवसायिक उपग्रह भी भेजे गए हैं

इसे दोपहर बाद तीन बजकर बारह मिनट पर छोड़ा गया

वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा

खूंटी के रेवा में बन रहे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय पहुंच पथ जमीन के मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद अगले तीन महीने के लिए थम गया है कल जमीन रैयत द्वारा पथ निर्माण स्थल पर विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम हेमंत सती रेवा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल और उनके बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले तीन महीने के अंदर जमीन के रैयतों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा इस पर सारे रैयतों ने भी अपनी सहमति जताई

ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है

ग्रामीणों की सूचना पर पोडैयाहाट थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहंच गई है

ओवरटेक करने के कम में दोनों वाहनों की टक्कर हो गई एक अन्य घटना में गोड्डा नगर क्षेत्र में एक पोस्ट मास्टर ने आत्महत्या कर ली मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया आब्धाबी में चल रहे आई पी एल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा इस मैच का विजेता मंगलवार को फाइनल में मुंबई इंडियन्स से खेलगा इससे पहले सनराइजर्स ने दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेन्जर्स बंगलौर को छह विकेट से हराया था डेल्ही कैपिटल्स बृह्स्पतिवार को पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियन्स से हार गई थी डेल्ही कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचने का आज एक और मौका मिलेगा इधर महिला टी टवेंटी चैलेंज क्रिकेट ट्र्नामेंट में सुपरनोवाज ने कल शारजाह में ट्रेलब्लेजर्स को दो रन से हरा दिया फाइनल में सुपरनोवाज का मुकाबला ट्रेलब्लेजर्स से सोमवार को दुबारा होगा प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के अनुमानों की खबर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर एग्जिट पोल बिहार में स्पष्ट बहुमत की ओर महागठबंधन शीर्षक को अपने पहले पन्ने की खबर बनाया है हिन्दुस्तान दैनिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई घोषणा तस्करी की शिकार नाबालिगों को हर माह मिलेंगे दो हजार रूपये की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर ने आदिवासी संगठन और कांग्रेस विधायक का मुख्यमंत्री से आग्रह आदिवासी शब्द हटायें सिर्फ सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कराएं शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है

रांची एक्सप्रेस ने तेजस्वी को राहत नीतिश को संकट शीर्षक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी राष्टपति चुनाव को लेकर जो बाइडन की बढ़त शीर्षक को पहले पन्ने की खबर बनाया है